लखनऊ में आज एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारु ढंग से चल रहा है बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश में आज अप्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी ख्राक देने का कार्य पन्द्रह फरवरी से शुरू किया जाएगा पहले चरण में टीकाकरण से छूट गये स्वास्थ्यकर्मियों को टीकाकरण के लिये अवसर दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी अस्पतालों को पूरी क्षमता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इक्कीस फरवरी से जापानी इंसेफेलाइटिस का टीकाकरण शुरू होगा उन्होंने इसके लिये समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिये भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट से अपनी सेनाएं पीछे हटाने पर सहमत हो गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसमा में एक बयान में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जरूरी सैन्य तैनाती की गई है रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन को बता दिया गया है कि यथास्थिति को एकतरफा बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा मानववाद तथा अन्त्योदय के प्रणेता और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पृण्यतिथि है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणाम्रोत हैं उन्होंने कहा कि आत्मनिर्मर भारत अभियान निर्धनों किसानों श्रमिकों और मध्यम वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय और एकात्म मानव दर्शन से प्रेरणा लेकर केन्द्र और राज्य सरकार समाज के समी वर्गो के लिये कार्य कर रही है प्रदेश में आज अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण पूरा कर लिये जाने के बाद अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को टीके लगाये जा रहे हैं कल भी टीकाकरण जारी रहेगा उधर प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की संख्या घट कर तीन हजार तीन सौ बीस रह गयी है पिछले चौबीस घंटों में एक सौ उन्यासी लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी राज्य में कोविड से ठीक होने की दर अट्ठानबे प्रतिशत से अधिक है प्रदेश में कोविड की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है कल एक दिन में एक लाख छब्बीस हजार दो सौ नमूनों की जांच की गयी अब तक दो करोड़ इक्यानवे लाख सड़सठ हजार चार सौ सत्रह नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश में लक्षित समूहों की कोविड जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है उत्तराखंड में रविवार की सुबह हिमस्खलन की घटना के बाद एक विद्युत परियोजना में फंसे पच्चीस से तीस लोगों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए गहराई और समतल दोनों प्रकार से खोजबीन अभियान चलाया जा रहा है राहत और बचाव कार्यो में लगे नौसेना कर्मियों ने अलकनंदा नदी में भी खोजबीन का काम किया हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक चौतीस शयों को बाहर निकाला जा चुका है लगभग एक सौ सत्तर लोग अब भी लापता हैं राहत और बचाव दल आज भी दिन भर सुरंग से मलवे को हटाने में जुटा रहा लेकिन बड़े बड़े पत्थरों और अत्यधिक रूकावटों के कारण अधिक सफलता नहीं मिल सकी वहीं धौली गंगा नदी में आज दिन में जलस्तर बढ़ने के कारण राहत और बचाव कार्य कुछ देर के लिये रोकना पड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में स्वामित्व योजना को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी सम्पत्ति के प्रपत्र उपलब्ध कराने में स्वामित्व योजना अत्यन्त उपयोगी है उन्होंने योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए माघ मास के दूसरे स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आज श्रद्वालु प्रदेश की विभिन्न नदियों में स्नान दान और पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रयागराज में ब्रम्हमुहूर्त से ही भक्त संगम में स्नान के लिये पहुंचना शुरू हो गये थे वहां प्रशासन ने श्रद्वालुओं पर हेलीकॉप्टर से पृष्प वर्षा की वाराणसी के गंगा तट पर भी श्रद्वालुओं की भारी भीड़ जुटी अयोध्या में भी सरयू में स्नान के लिये आज दिन भर श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा गोरखपुर के राप्ती नदी में भी श्रद्धालुओं ने स्नान दान और पूजा अर्चना की